त् राज्य में तीस नए कोरोना के मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई चार सौ उनचालीस

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों को सलाह दी है कि वे गर्भवती महिलाओं पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों बुजुर्गो और अन्य गंभीर बीमारियों वाले लोगों पर विशेष ध्यान दें इसमें आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने को भी गया गया इस बात पर जोर दिया गया कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों की पौष्टिक आहार संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाए और उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भेजा जाए प्रीति सुदन ने कल स्वास्थ मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ झारखण्ड उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की बैठक में राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया कि क्वारिंटीन केंद्रों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयां और अस्थायी स्वास्थ्य उप केंद्र बनाए जाने चाहिए और उनमें अग्रिम पंक्ति के अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकडों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित चौसठ हजार चार सौ छब्बीस लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चके हैं स्वस्थ होने की दर बैयालीस दशमलव चार पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन हजार नौ सौ पैंतीस लोग ठीक हए इस दौरान छह हजार तीन सौ सतासी लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख इक्यावन हजार सात सौ सड़सठ हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में इस महामारी से एक सौ सत्तर लोगों की मौत हो गई

राज्य में कोरोना संक्रमित तीस नए मरीज मिले हैं जिससे राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर चार सौ उनचालीस हो गई है कल गुमला में छह पष्विमी सिंहभूम में चार गढ़वा हजारीबाग धनबाद में तीन तीन पूर्वी सिंहभूम कोडरमा खुंटी पलाम में दो दो सरायकेला रांची और लोहरदगा में एक एक मरीज मिले वहीं कल ही रिम्स रांची में इलाजरत पष्चिम बंगाल के कोरोना पॉजिटिव प्रवासी श्रमिक की इलाज के दौरान मौत हो गई यह श्रमिक बीते सोमवार को सिकिदिरी में हुई सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या छह हो गई है खूंटी में दो और कोरोना पोजिटिव युवक मिले हैं दोनों संक्रमित युवक एक दिन पूर्व एक संक्रमित के साथ कंटेनर से मुम्बई से कर्रा आये थे लोहरदगा में मिला मरीज जयपुर राजस्थान से लौटा था उसकी स्क्रीनिंग करने के पश्चात उसे सरकारी क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है अब जिले में पॉजिटिव की संख्या तीन हो गई है वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल देर रात एक और कोरोना मरीज की पुष्टि होने से अब यहां कुल संख्या चौदह हो गई है जिले में क्वारेंटीन में रह रही एक प्रवासी महिला मजदूर की कोरोना से तो नहीं बल्कि सर्पदंश के कारण मौत हो गयी

सोमवार तक अलग अलग राज्यों से तीन हजार दो सौ चौहतर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा चुकी हैं इन रेलगाड़ियों से चौवालीस लाख से ज्यादा लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है रेल विभाग ने इन यात्रियों को चौहतर लाख से ज्यादा भोजन के पैकेट और एक करोड़ से ज्यादा पानी की बोतलें मुफ्त उपलब्धि कराई हैं रेल विभाग ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अलावा एक जून से समयबद्ध दो सौ अतिरिक्ति रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है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 खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री राम विलास पासवान ने आज राज्यों से आग्रह किया कि राशन की दुकानों और खासतौर से क्वानरेंटीन केंद्रों में वितरित किए जा रहे अनाज की गुणवत्ता पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए खराब गुणवत्ता के अनाज के वितरण की खबरों के मद्देनजर श्री पासवान का यह बयान आया है उन्होंने ट्वीटर पर कहा कि केंद्र भारतीय खाद्य निगम के जरिए राज्यों को ऐसा अनाज भेजता है जिसके गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाता

कल मीडिया से बातचीत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक माइक रेयान ने कहा कि पूरे विश्व में अभी यह संक्रमण अपने पहले दौर के मध्य में है और अभी सतर्कता बरतना जरूरी है उन्होंने कहा कि ऐसा न होने पर संक्रमण की दर कम होने के बाद फिर उभर सकती है दुमका जिले में आर्थिक रूप से कमजोर और लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना का बड़ा सहारा मिला है

उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इसके जोखिम अनुसंधान औषधि उत्पादन और वितरण के लिए वैश्विक संसाधनों को जुटाना इसी शर्त पर हो सकता है कि इसका परिणाम सबके लिए उपलब्ध हो उन्होंने गेट्स फाउंडेशन से स्वास्थ्य सेवा में सुधार की नई पद्धतियां अपनाने में भूमिका बढ़ाने का आहवान किया स्वास्थ्य मंत्री गेट्स फाउंडेशन के ट्वीट का जवाब दे रहे थे जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी मंडल का अध्यक्ष चूने जाने पर बधाई दी गई थी

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं नंबर है शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार हमारा टोल फ्री नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छह सात

गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान को हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पासवान के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है सुनील पासवान के खिलाफ गिरिडीह में अंचलाधिकारी ने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी पासवान ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने को चुनौती दी थी और उसे निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया था हर दो वर्ष पर होने वाले सैन्य कमांडर सम्मेलन का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है सम्मेलन उनतीस मई तक चलेगा कोरोना संकट के कारण यह सम्मेलन अप्रैल में नहीं कराया जा सका और अब इसे दो चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है दूसरा चरण जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा सम्मेलन में शीर्ष सैन्य कमांडर सुरक्षा और प्रशासन संबंधी मौजूदा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे और भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है

राज्य में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है चार जिले चतरा पलाम गढ़वा और लातेहार लू की चपेट में है मौसम विभाग ने इन चारों जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वे लू से बचें और सभी सुरक्षा मानको का पालन करें कल चतरा का अधिकतम तापमान छियालीस डिग्री तक पहुंच गया है मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिनों तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है अठाइस मई के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है और कुछ स्थानों पर बारिष हो सकती है